बाद में कार्यवाहक आध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने ओम बिड़ला के लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने की घोषणा की प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेता उन्हें अध्यक्ष के आसन तक ले गए इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिड़ला को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपना सारा जीवन जन सेवा में लगा दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि बिड़ला जिस कोटा निर्वाचित क्षेत्र से आते है उसे लघु भारत और शिक्षा का केंद्र माना जाता है मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मुलाकात की बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य की वित्तीय स्थिति से अवगत कराया और अरुणाचल में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की ब्रुनियादी विकास में सहायता प्रदान करने का आग्रह किया उन्होंने राज्य की तोमो रीबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान के विकास और उन्नयन के लिए भी मदद करने का आग्रह किया शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों के अलावा श्री खांडू ने केंद्रीय वित्तमंत्री से बड़े पैमाने पर विकास में हस्तक्षेप खासतौर पर तिरप चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में और भारत चीन सीमांत से लगे क्षेत्रों में विकास को लाने का आग्रह किया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल केंद्रीय नागरिक एवं उड़डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह प्री से मुलाकात कर होलोंगी में ग्रीन फील्ड हवाई अड़डा के लिए भ्रमि अधिग्रहण प्रक्रिया की प्रगति पर जानकारी दी मुख्यमंत्री ने परियोजना को शीघ्र प्ररा करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड़डयन सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना निगरानी समिति का गठन करने का आग्रह किया जिसमें राज्य के मुख्य सचिव एक सदस्य के रुप में शामिल हो श्री खांडू ने केंद्रीय मंत्री से लोहित जिले के तेजू के हवाई अड्डा से वाणिज्य हवाई सेवा की तत्काल शुरुआत करने का भी अनुरोध किया राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी बोर्ड निगम और परिषदों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया है राज्य के मुख्य सचिव सत्य गोपाल ने गत बारह जून को आदेश जारी कर सरकारी संगठनों के ग्यारह अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उनके सेवा से हटा दिया है अपर सुबनसिरी जिले के योजना एवं निवेश विभाग ने कल विभागीय परियोजनाओं के सेटलाईट पर आधारित निगरानी एवं जीयो टैंगिंग पर कार्यशाला आयोजित किया कार्यशाला में प्रशासनिक अधिकारियों विभागाध्यक्षको और फील्ड स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को मोबाइल एप्लिकेशन के महत्व तथा सेटलाईट आधारित निगरानी और परियोजनाओं के जिरो टैगिंग के लिए वेब पोर्टल पर जानकारी प्रदान करना था रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर ने कल लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जल आपूर्ति मंत्री वांग्की लोवांग की उपस्थित में पड़ोसी क्षेत्र के कामगारों और सबसे वंचित छात्रों को साइकल वितरित किए अपने संबोधन में श्री लोवांग ने रामकृष्ण मिशन के योगदान की सराहना करते हुए संस्थान को अरुणाचल प्रदेश के नालंदा के रुप में बताया उन्होंने बच्चों को अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करने की सलाह दी क्रषि विज्ञान केंद्र में कल से मौसमी फलों और सब्जियों के मूल्य सवर्धन पर चार दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई कार्यक्रम में पापुम पारे जिले के कई स्व सहायता सम्रहों से लगभग पैंतीस किसान भाग ले रहे है

डी ए ओ डिविजन के बेनर तले असम राइफल्स के खोंसा बटालियन ने तिरप जिले के लमसा गांव में बस वेटिंग रोड का निर्माण किया इस परियोजना को वित्तीय वर्ष दो हजार अट़ठारह उन्नीस के लिए असम राइफल्स नागरिक कार्रवाई परियोजना के रुप में खोंसा बटालियन द्वारा अवधारित और पूरा किया गया था

आज का अधिकतम तापमान चौतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया